प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में हुयी कमी

आयुष्मान भारत प्रधाानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पहली बार आधार नंबर आवश्यक नहीं होगा लेकिन दूसरी बार इसका लाभ लेने के लिए आधार नंबर देना होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने बताया कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उन्हें ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने आधार के लिए पंजीकरण करा लिया है वहीं भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि आधार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकों डाकघरों और सरकारी परिसरों में चल रहे आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा प्रदेश के गावों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किये जायेंगे तेरह जिलों के तीन सौ पच्चीस गांवों में कृषि यंत्र बैंक बनाने के लिये राज्य सरकार अस्सी प्रतिशत अनुदान देगी एक जिले के पच्चीस गांवों के चयनित दस दस किसान को इसका लाभ मिलेगा कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से लाभार्थी किसान अपनी खेती करने के साथ गांव के अन्य किसानों को उचित किराये पर कृषि यंत्र दे सकेंगे यह योजना रबी मौसम से ही लागू की जा रही है कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कृषि अधिकारियों को गांवों और लाभार्थियों की सूची भेजने का निर्देश दे दिया गया है अधिकारी ने कहा कि यांत्रिकीकरण से राज्य में फसल उत्पादन में तीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुयी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों में इस वर्ष लगभग संत्तावन हजार क्विंटल बीज का उत्पादन किया जायेगा इसके लिये तीन हजार चार सौ उनसठ हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जायेगी उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने इस खेती के लिये लगभग साढ़े अठारह करोड़ रूपये की मंजूरी दी है वैशाली जिले के हाजीपुर में रैपिड एक्सन फोर्स का केंद्र स्थापित किया जायेगा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने आरएएफ की पांच नई बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है

पूर्णिया नेशनल हाई वे को फोरलेन में बदलने की मंजूरी भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दे दी है वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण शुरू कर दिया जायेगा एनएच एआई के एक अधिकारी ने बताया कि एक हजार दो सौ तेईस करोड़ रूपये की राशि इस पर खर्च की जायेगी जिससे कटिहार और पूर्णिया जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली दो हजार सोलह को लागू करने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है जिसके बाद राज्य सरकार ने बिहार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज दो हजार अठारह को तैयार किया है इसके अंतर्गत नगर निकाय छोटे बड़े कचरा उत्पादकों से यूजर चार्ज लेंगे और गलत ढंग से कचरे को निपटाने पर जुर्माना भी वसूल सकेंगे बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने ओर अरब सागर में उठ रहे चक्रवाती तूफान का असर राज्य में ग्यारह अक्टूबर से दिखने की संभावना है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान गंगा के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के साथ ब्रंदाबांदी भी हो सकती है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अरब सागर से तूफान का रूख पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने के कारण प्रदेश के पड़ोसी राज्यों समेत गंगा के तटीय क्षेत्र में इसका असर पड़ सकता है राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित दो ब्रनियादी विद्यालयों का जीर्णोधार करने का निर्णय लिया है शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बुनियादी विद्यालय रानीपुर और शेखधूरवा का चयन किया है विभाग ने दोनों विद्यालय के भवन की मरम्मत के लिये लगभग चौंतीस लाख सैंतालीस हजार रूपये आवंटित किये हैं शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव विनोद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर दोनों चयनित विद्यालयों के जीर्णोधार का निर्णय किया है विधानसभा में राजपत्रित पदों पर पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी विधानसभा ने नई नियमावली बना कर पुरानी व्यवस्था खत्म कर नियुक्ति करने का निर्देश बीपीएससी को भेज दिया है शीघ्रही सत्ताईस पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी शुरू करेगा इनमें दो पद जनसंपर्क अधिकारी के हैं जबकि पच्चीस पद प्रशाखा पदाधिकारियों के हैं वहीं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति विधानसभा अब भी स्वयं ही करेगा सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो लोगों को उनतीस किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया है

राज्य की विभिन्न जेलों में कल छापेमारी के दौरान प्रशासन को बत्तीस मोबाइल और दस चाकू मिले छापेमारी दल ने लगभग अड़तालीस हजार छह सौ नब्बे रूपये नकद भी बरामद किया है कारा विभाग के आईजी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि दोषी कारा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है सुपौल जिले में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं से मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आरोपितों में एक महिला और दो युवक हैं राज्य में नवनियुक्त अतिथि शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के दौरान रोहतास जिले के सोलह शिक्षकों की डिग्री फर्जी पायी गयी है जिसके बाद इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी है पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत शुकलपुर गांव के पास यात्री बस के पलट जाने से चालक की मौत हो गयी जबकि पंद्रह यात्री घायल हो गये घायलों को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है बस बेत्तिया से रांची जा रही थी मेघालय के शिलॉग में दस अक्टूबर से शुरू हो रही सत्ताईसवीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है उधर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में पंद्रह अक्टूबर से ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने कचरा प्रबंधन के उपायों को प्रमुखता देते हुये सुर्खी लगायी है सरकार ने तैयार किया बिहार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज दो हजार अठारह कचरे पर देना होगा यूजर चार्ज व जुर्माना दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है चार साल में दस हजार उपाय कर कारोबार आसान बनाया दैनिक भास्कर लिखता है गुजरात में बिहार यूपी के लोगों पर चार दिन में बयालीस हमले डर के मारे आठ हजार लौट रहे घर प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं के विकास पर दिये गये बयान को शीर्षक बनाते हुये लिखा है आधी आबादी को मिले हर चीज में आधी हिस्सेदारी राष्ट्रीय सहारा ने उपराष्ट्रपति के हवाले से लिखा है किसानों के विकास ही है देश का विकास

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में हुयी कमी

सके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ